आज पांच हजार के करीब प्रवासी मज़दूरों को विभिन्न जिलों से उनके ग़ह जिलों में भेजा गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ भारत की जंग सही मायने में लोगों द्वारा लड़ी जा रही है सरकार और प्रशासन लोगों के साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर रहे है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम मे लोगों के साथ अपने विचार सांझा करते हये श्री मोदी ने कहा कि इस लड़ाई मे प्रत्येक नागरिक एक सिपाही है और इस लड़ाई में नेतृत्व कर रहा है उन्होंने लोगों की इस लड़ाई में एक दूसे की मदद करने और तालाबंदी का पालन करने भावना की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश मे जरूरतमंदों के लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा हे और अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण पहुंचाये जा रहे है ऐसे में समूचा राष्ट्र मिलकर आगे बढ़ रहा है उन्होंने लोगों से अपील की कि हद से ज्यादा विश्वास में आकर और इस भावना को पक्का करके वे इस भ्रम में न फर्से कि कोरोना अभी उनके शहर गांव या म्हल्ले में नहीं पहंचा ओर ये कभी नहीं पहंचेगा श्री मोदी ने कहा कि दो गाज की दूरी है जरूरी ही हमाला मंत्र होना चाहिए

इसका जो असर सामने नज़र आ रहे है वह मास्क पहनना और चेहरे को ढकना है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की वजह से बदले हये माहौल में मास्क लोगों के जीवन का हिस्सा बन गये है उन्होंने कहा कि मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जायेगा जो लोग अपने आप को ओर द्रसरों को बीमारी से बचाना चाहते है उनहें लोगों को यह सलाह भी दी कि चेहरा ढकने के लिए गमछे या हलके तौलिये का इस्तेमाल भी किया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि अब लोगों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से होने वाले न्कसान के प्रित जागरूकता आ गई है उन्होंने कहा क यह एक ब्री आदत है कि लोग कही भी थूक देते है क्योंकि ये सफाई और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक गंभीर च्नौती है श्री मोदी ने कहा कि लोगों को थूकने की आदत खत्म करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र राज्य सरकारें प्रत्येक विभाग और संस्था राहत के लिए एक दूसरे से साथ हाथ मे हाथ मिलाकर काम कर रही है उन्होंने कहा कि लोग उड्यन क्षेत्र में काम कर रहे है रेलवे कर्मचारी देशवासियों के समक्ष पेश आ रही मुशकिलों को दूर करने के लिए दिन रात काम करने है उन्होंने कहा कि कैसे थोड़े से समय मे लाईफ लाइन उड़ान के माध्यम से देश के हर कोने मे दवायें पहंचाई गई है

जरूरत मंद और गरीब लोगों की मदद के लिए सरकार की प्रतिबद्वता पर ज़ोर देते हये श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजन के तहत पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में जा रहा है उन्होंने इस कार्य के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और बैंक कर्मचारियों की प्रंशसा की

श्री मोदी ने लोगों को अपील की कि रमज़ान के पवित्र महीने मे स्थानीय प्रशासन की हिदायतों का पालना बहत जरूरी है इसलिए गली मुहल्लों और बाज़ारों में एक दूसरे से दूरी बनाये रखे उन्होंने उन सभी साम्दायिक और धार्मिक नेताओं का आभार जताया जो लोगों को दो गज की दूरी औ घरों में रहने के लिए प्रेरित कर रहे है

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इस खबर में किया गया दावा बिल्कुल झूठ है इसने कहा कि केन्द्र की न ऐसी कोई योजना है और न ही ऐसी कार्रवाई पर विचार चल रहा है

हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों को उनक प्रदेश ले जाने का सिलसिला आज भी जारी रहा

प्रवासियों को रास्ते मे किसी समस्या का सामना न करना पड़े इसलिए उन्हें खाने पीने का सामान मास्क और सैनेटाइज़र भी साथ दिया गया है

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहल गांधी दवारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अग्वाई में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की लगातार आलोचना किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हये कहा कि संकट काल में ओछी राजनीति द्र्भाग्यपूर्ण है बल्कि सरकार के प्रयासों की सराहना या रचनातमक आलोचना होना चाहिए उनहोंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ जंग को कमज़ोर कर रही है जिससे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में राहत में देरी हो सकती है पूर्वप्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह द्वारा सरकारी कर्मचारियों का डी ए न दिये जाने के फैसले की आलोचना को भी गलत बताया उन्होंने कहा कि डी ए से बचाये पैसों को गरीबों और बे सहारा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा श्री कैंथ ने कहा कि यह समय लोगों का सरकार के खिलाफ करने के बजाये मतभेद भ्लाकर काम करने का है

उसके पारिवारिक सदस्यों को भी संगरोध में रखा गया है सोनीपत के नंदवानी नगर की महिला स्टाफ नर्स आज पोजिटिव पाई गई है वह दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कार्यरत है हरियाणा के बाज़ारों में दवा किराना और फलों की द्काने खोलने की अन्मति दी गई है इसके अलावा रिहायशी इलाकों मे एकल द्कानें और आवासीय परिसर में बनी दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी

फरीदाबाद में बाज़ार मे बिना अन्मति के खोली द्कानों को निगम की टीम ने बद करवा दिया